मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शीतकालीन सत्र बुलाने की सिफारिश राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया गया

मंत्रिमंडल ने बंगाणा में फायर सब स्टेशन नाचन विधानसभा क्षेत्र के छपरान और डेलग में स्वास्थ्य केंद्र और सुलह में उपतहसील खोलने की मंजूरी भी दी

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने और नए पद सृजित करने पर भी मुहर लगाई

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विधेयक के पास होने से चिटफंड उद्योगों के क्रियान्वयन में आसानी होगी उन्होंने कहा कि सरकार का उदेश्य पूरी सक्रियता सतर्कता और कानून में आवश्यक बदलाव से छोटे जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण व आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसना है पोषण केन्द्र सरकार ने आज भारतीय पोषण कृषि कोष के गठन की घोषणा की

नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए कृषि और पोषाहार के बीच तालमेल की जरूरत पर जोर दिया उन्होंने कहा कि सरकार ने कुपोषण रोकने पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता की दिशा में काफी काम किया है

उन्होंने कहा कि यात्रा करने वाले लोगों को केलंग व उदयपुर के उपमंडल अधिकारी के पास आवेदन करना होगा उन्होंने कहा कि पांगी से मनाली जाने वाले लोग उदयपुर के उपमंडल अधिकारी से अनुमति ले सकते हैं उपायुक्त ने कहा कि बिना अनुमति के नॉर्थ पोर्टल से किसी को भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है केलंग में आज न्यूनतम तापमान माइनस छः दशमलव चार मनाली में एक दशमलव दो कल्पा में तीन दशमलव चार जबकि भुंतर में तीन दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया लाहौल स्पीति के कोकसर दारचा और म्याड़ घाटी में तापमान शून्य से दस से बारह डिग्री सेल्सियस तक नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है अत्याधिक ठंड पड़ने से पेयजल स्त्रोत और झीलें जम गई हैं जिससे स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है